उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का आघात राष्ट्रीय हितों के विपरीत है और सभी को इसका विरोध करना चाहिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रेस काउसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित वेबिनार में एक वीडियो संदेश के जरिये श्री नायडू ने कहा कि लोकतंत्र आज़ाद व निडर पत्रकारिता के बिना नहीं रह सकता उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने इस देश के लोकतंत्र की नींव की स्रक्षा व मजबूती प्रदान की है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया के बंध्ओं को बधाई एवं श्भकामनाएं दी है चंडीगढ़ के जारी एक संदेश में म्ख्यमंत्री ने उनके द्वारा राष्ट्रए समाज ए लोकतंत्र व लोगों को दी जा रही सेवाओं के लिये सराहना भी की

म्ख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि मीडिया आगे भी अपनी प्रतिष्ठा को इसी प्रकार बनाये रखेगा तथा ऐसे ही उत्साह के साथ राष्ट्र तथा लोगों को जागरूक करने का काम करता रहेगा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने भी राष्ट्रीय प्रैस दिवस पर मीडिया कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं संदेश में श्री दलाल ने कहा कि मीडिया को भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में चौथा स्तम्भ माना गया है उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रैस की भूमिक महत्वपूर्ण रही है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई एवं श्भकामनाएं देते हए हरियाणा सरकार में कैबिनेट शिक्षा व वन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि स्वतंत्रए निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता के बल पर ही एक सशक्त राष्ट्र निर्माण संभव है उन्होंने ने कहा कि आज पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है पत्रकारिता जन जन तक सूचनात्मकए शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश पहँचाने की कला एंव विधा है समाचार विचारों की जननी होती है हरियाणा के शिक्षामंत्री चौधरी कंवरपाल ग्र्जर ने आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर अपने संदेश में कहा कि समाज व राष्ट्र के विकास में मीडिया की भी अहम भूमिका है मंत्री कंवरपाल ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता के बल पर ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है उन्होंने कहा कि मीडिया का समाज का दर्पण एवं दीपक दोनों माना जाता है सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने एक महीने के भीतर की डिजीटल् मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति की पालना करने का अनुरोध किया है

उन्हें कंपनी की सारी जानकारी उपक्रम व हिस्सेदारी निदेशक के नाम व पता तथा भागीदारो की सूचना मुहैया करवानी होगी इसके अलावा पर्मानेंट अकाउंट नंबर नफा न्कसान की जानकारी तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ साथ बलेंस शीट की भी जानकारी देनी होगी